यह उच्च शक्ति का संचार उपग्रह है जिससे बैंकिंग ई प्रशासन द्रसंचार विवरण के अंतरण और आपदा प्रबन्धन के लिए संचार सुविधाओं में मदद मिलेगी

इस उपग्रह की मदद से वीसैट नेटवर्क टेलीविजन अपलिंक डीटीएच सेवाएं और ऐसी ही कई सुविधाओं में मदद मिलेगी यह इसरो की इनसैट जीसैट श्रृंखला का उपग्रह है

इन कलाकारों को पुरस्कार में एक लाख रुपये का चेक प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाएगा इस अवसर पर संस्कृति मंत्री डॉ महेश शर्मा एवं संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन एवं अन्य गणमान्य अतिथि भी रहेंगे प्रस्कार पाने वाले प्रमुख कलाकारों में रमा वैद्यनाथन नत्य गुंदेचा बंध् ध्रपद राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी हेमा सहाय अभिनय बापी बोस निर्देशन और शोभा र्कसर कथक आदि शामिल हैं राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कड़े संघर्ष के बाद मिली देष की आजादी को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम राष्ट्रीय भावना के साथ अपना कर्तव्य निभाएं वे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होकर लौटे एनसीसी कैडेट्स के कल भोपाल में आयोजित एट होम कार्यक्रम को सम्बोधित कर रही थी श्रीमती पटेल ने कहा कि युवा वर्ग में अनुशासन और एकता की भावना का विकास करने में एनसीसी संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है

कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित करने वाले कैंडेट अंडर ऑफिसर गरिमा सिंह भदौरिया योगेश दधोरे और सीनियर केप्टन दीपेंद्र सिंह जादौन को सम्मानित किया गया

ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया कि दो ताप विद्युत इकाईयों का निर्माण अमरकंटक परियोजना चचाई और सतपुड़ा ताप बिजलीघर सारणी में किया जायेगा

ऊर्जामंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए शिविर भी लगाये जा रहे हैं

लोक शिक्षण आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं राष्ट्रीय उद्यान कान्हा पन्ना पेंच बांधवगढ़ माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी और मढ़ई राष्ट्रीय उद्यान में होने वाले इन उत्सवों में विभिन्न जिलों के विद्यार्थी भाग लेंगे प्रत्येक जिले से आठ विद्यार्थियों की अलग अलग वर्गो में भागीदारी रहेगी

प्रजारियों की नियुक्ति में वंश परम्परा और गुरू शिष्य परम्परा को प्राथमिकता दी जायेगी उल्लेखनीय है कि पहली बार प्रदेश सरकार द्वारा पुजारियों की नियुक्तियों के संबंध में नियम और प्रक्रिया निर्धारित की गई है

यह नियम नवीन पुजारी की नियुक्ति के लिए ही प्रभावी होंगे पूर्व से कार्यरत पुजारी के लिए यह नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी

मुख्यमंत्री कमल नाथ समिति के अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे समिति में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा डॉ गोविंद सिंह बाला बच्चन तुलसीराम सिलावट जीतू पटवारी सुरेन्द्र सिंह बघेल सदस्य होंगे भाजपा आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीष उपाध्याय ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार किसानों की कर्जमाफी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भ्रमित है उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिग्विजय सिंह कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन तीन मुख्यमंत्री एकसाथ काम कर रहे हैं श्री उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस किसानों को कर्जमाफी के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव तक गुमराह करना चाहती है लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी श्री उपाध्याय ने दमोह में भी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनर्से चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा

महिला वर्ग में आरएसबी राजस्थान विजेता और मध्यप्रदेश की टीम उप विजेता रही पुरूष वर्ग में बैंगलुरू और महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश की टीम तीसरे स्थान पर रही विजेता एवं उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ एसएल थाउसेन ने मेडल और ट्राफी प्रदान कर सम्मानित किया

मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर साढे बारह बजे से शुरू होगा नियमित कप्तान विराट कोहली को आराम देकर रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है भारत ने मेजबान टीम से पांच एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला चार एक से जीती थी मौसम पश्चिमी राजस्थान और सटे इलाकों में चक्रवाती हवाओं का घेरा बनने से प्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत मिली है राज्य के उज्जैन ग्वालियर और चम्बल संभाग के जिलों में तापमान में वृद्धि हुई है होशंगाबाद सागर और इंदौर संभागों में तापमान सामान्य से अधिक रहा तथा शेष जिलों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ सबसे कम न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस मंडला और छिंदवाड़ा में दर्ज किया गया

वे बिजली का करंट फैलाकर वन्य प्राणियों की हत्या करते थे